यात्रा दर्जन भर से ज्यादा शहरों से गुजरेगी

नर्मदा पार्वती मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीहोर जिले की महत्वाकांक्षी नर्मदा पार्वती लिंक परियोजॅना का शिलान्यास किया इस अवसर पर आष्टा के मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित किसान सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने साढ़े सात हजार करोड़ की नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना की सौगात दी मुख्यमंत्री ने एक सौ एक करोड़ के कान्याखेड़ी डेम का भूमिपूजन भी किया इसके अलावा खरीफ फसल साल दो हजार सत्रह के अन्तर्गत आष्टा और जावर तहसील के चालीस हजार से ज्यादा किसानों को लगभग डेढ़ सौ करोड़ रूपये की फसल बीमा राशि भी वितरित की

इस अभियान को चरणबद्व रूप से पूरा किया जा रहा है

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती को फायदे का धंधा बनाना उनका सपना है और हम बिजली और पानी की व्यवस्था कर अपना वादा पूरा कर रहे हैं अब अगला संकल्प मध्यप्रदेश को समृद्ध प्रदेश बनाना है उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने भीड़ की हिंसा की घटनाओं से निपटने के लिये संसद से नये कानून पर विचार करने को कहा है प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि भीड़ की भयानक गतिविधियों को नया कायदा बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती और इन पर सख्ती से रोक लगाने की जरूरत है शीर्ष न्यायालय ने भीड़ की हिंसा और गौ रक्षा के नाम पर होने वाले अपराधों से निपटने के लिये रोकथाम सुधारात्मक और दण्डात्मक प्रावधान वाले दिशा निर्देश भी जारी किये हैं न्यायमूर्ति एएमखानविलकर और डीवाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने कहा कि कानून का शासन कायम रखना राज्य सरकारों का दायित्व है और राज्य ऐसे अपराधों की अनदेखी नहीं कर सकते

बाल देखभाल गृह केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने सभी राज्यों से मदर टेरेसा मिशनरियों द्वारा चलाये जा रहे बाल देखभाल गृह के तुरन्त निरीक्षण के लिये कहा है एक अधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि श्रीमति गांधी ने राज्यों से एक महीने के भीतर यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि सभी बाल देखभाल संस्थान पंजीकृत हों और केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण से जूड़े हए हों यह कदम झारखण्ड में भिशनरियों द्वारा संचालित बाल देखभाल गृह से अवैध दत्तक ग्रहण करने की हाल की एक घटना के बाद उठाया गया है बिजली शिकायत एप प्रदेश के बिजली उपभोक्ता बिजली फाल्ट और बिल सम्बंधी शिकायतें अब मोबाइल एप उपाय पर भी दर्ज करवा सकेंगे एप के जरिए उपभोक्ता अपनी शिकायत कॉल सेन्टर में दर्ज करा सकते हैं मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के आई टी विभाग ने इस एप के जरिए उपभोक्ताओं को बिजली बिल भूगतान के अलावा विद्युत अवरोध और बिलिंग सम्बंधी शिकायतें दर्ज करवाने की सुविधा दी है उपाय एप को गूगल प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउन लोड किया जा सकता है एप को भोपाल होशंगाबाद ग्वालियर और चम्बल सम्भाग के बिजली उपभोक्ता उपयोग कर सकेंगे उपभोक्ता बिल में दर्ज आईवीआरएस या उपभोक्ता आईडी नम्बर एप में सबमिट करने पर उनके कनेक्शन के सभी विवरण खुल जायेंगे शिकायत दर्ज होने के बाद अगले कुछ ही समय में कम्पनी के काल सेन्टर से फोन आयेगा जिसमें शिकायत का सत्यापन कर सम्बन्धित बिजली झोन को भेज दिया जायेगा पर्यटन क्विज प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आगामी इकत्तीस जुलाई को सभी जिला मुख्यालयों पर पर्यटन क्विज का आयोजन किया जायेगा स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित इस प्रतियोगिता का आयोजन प्रत्येक जिले के चयनित शिक्षक द्वारा किया जायेगा चयनित शिक्षक को क्विज मास्टर के रूप में नामांकित किया जायेगा इन क्विज मास्टर को पच्चीस जुलाई को भोपाल में प्रशिक्षण दिया जायेगा

इस मौके पर उन्होंने कहा कि नये विचारों के साथ कुछ नया करने की जिद जुनून और जज्बा रखने वालों के लिये स्टार्टअप इण्डिया अभियान शुरू किया गया है श्री चौहान ने कहा कि अभियान में नये विचारों की नई राह पर चलने के लिये युवाओं को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के प्रयास किये जायेंगे उन्होंने कहा कि सरकार नवाचारों को कियान्वित करने के हर प्रयास के मार्ग की सभी बाधाओं को दूर करेगी इस अवसर पर बताया गया कि स्टार्टअप इण्डिया मध्यप्रदेश यात्रा भोपाल से शुरू होकर मण्डीदीप विदिशा होशंगाबाद जबलपुर कटनी रीवा सतना सागर गुना ग्वालियर उज्जैन होते हुए इन्दौर में सम्पन्न होगी

इसके अन्तर्गत पहला पुरस्कार दो हजार रूपये दूसरा एक हजार पांच सौ और तीसरा पुरस्कार एक हजार रूपये का होगा इसके साथ शील्ड और प्रमाणपत्र भी दिया जायेगा इसर्के लिये पच्चीस अगस्त तक मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी भोपाल में पात्रता की श्रेणी में आने वाले विद्यार्थियों द्वारा सत्यापित अंकसूची बैंक पासब्रक की फोटोकापी और मोबाइल नम्बर भेजे जा सकते हैं

महिला बॉक्सिंग ग्वालियर में अट्ठारह जुलाई से राज्य स्तरीय महिला बॉक्सिंग चैम्पियनशिप दो हजार अट्ठारह का आयोजन किया जायेगा तीन दिवसीय इस चैम्पियनशिप में विभिन्न जिलों के बॉक्सिंग खिलाड़ी भाग लेंगे यह प्रतियोगिता स्थानीय राजमाता विजयाराजे सिंधिया खेल परिसर में आयोजित होगी मौसम बारिश मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटो के दौरान राज्य के होशंगाबाद जबलप्र इन्दौर सागर शहडोल उज्जैन और भोपाल संभागों में अधिकतर स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी दी है इसके पहले आज सुबह राजधानी भोपाल सहित सीहोर राजगढ आगरमालवा खंडवा हरदा होशंगाबाद बैतूल ब्रहानपुर रायसेन विदिशा नरसिंहपुर छिंदवाडा और सागर जिलों में तेज बारिश दर्ज हुई है तेज बारिश के चलते कई निचली बस्तियों में पानी भर जाने और बिजली आपूर्ति बाधित होने से जनजीवन प्रभावित हुआ

वहीं भोपाल में दो बच्चे एक नाले में बह गये एक बच्चे को बचा लिया गया और एक की तलाश जारी है शहर में अभी तक पांच सौ उन्तालीस दशमलव नौ मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है प्रदेश में मानसून के दस्तक देने के बाद अब तक उन्नीस जिलों में सामान्य से बीस प्रतिशत अधिक और सोलह जिलों में सामान्य वर्षा दर्ज की गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान इन्दौर भोपाल होशंगाबाद शहडोल जबलपुर उज्जैन संभागों में अनेक स्थानों पर बारिश हुई सबसे अधिक पन्द्रह सेंटीमीटर बारिश बूधनी और अमरपुर में दर्ज की गई

इस दौरान उन्होंने साडा द्वारा बनाये गये सूर्य नमस्कार स्थल पर पौधारोपण किया